श्री मोदी ने वाराणसी में एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक की पचास विकास परियोजनाए की श्रू वाराणसी उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वर्ष दो हजार बीस पर्यावरण की दृष्टि से रहेगा अच्छा उन्नाव जिले में कल हई एक सड़क द्र्घटना में सात लोगों की मौत

कल चंदौली जिले के पड़ाव क्षेत्र में एक जनसभा में प्रघानमंत्री ने कहा कि देशहित में ये फैसले लेने जरूरी थे देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीठे छोड़ दिए जाते थे

रेश हित में यह फैसले जरूरी थे और दुनियामर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे प्रधानमंत्री ने एक दिन के दौरे पर कल सवेरे अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर सबसे पहले जंगम बाड़ी मठ में पूजा अर्चना की श्री मोदी ने श्री सिद्दांत शिखामणि ग्रंथ के उन्नीस भाषाओं में अनुदित संस्करणों और ग्रंथ का एक मोबाइल एप भी जारी किया प्रधानमंत्री ने चंदौली जिले के पड़ाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिरसठ फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया देश में पंडित दीनदयाल की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक लागत की पचास विकास परियोजनाओं की शुरूआत की श्री मोदी ने वाराणसी को उज्जैन और ओमकारेश्वर से जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया आज बाबा विश्वनाथ की नगरी को ऑकारेश्वर और महाकालेश्वर से जोड़ने वाली कासी महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है अब काशी में बाबा के दर्शन के बाद उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर पाएंगे प्रधानमंत्री ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चार सौ तीस बिस्तरों के विशिष्ट सुविधाओं वाले सरकारी अस्पताल तथा चौहत्तर बिस्तर वाले मानसिक रोग अस्पताल और वेदिक शोध केंद्र का उदघाटन भी किया आज वाराणसी पूर्वांचल का बहुत बढ़ा मेडिकल हब बनकर उमर रहा है यहां कैंसर जैसी गंगीर बीमारियों के आघुनिक इलाज के लिए कई अस्पताल तैयार हो चुके हैं बीएचयू में आज जिस सुपरस्पेशलटी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में केन्द्र सरकार की प्राथमिकताए स्पष्ट की गई हैं और इसमें उद्योगों के विकास तथा देश में सम्पदा के सुजन का प्रारूप तैयार किया गया है प्रधानमंत्री ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संक्ल में सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प के कार्यक्रम काशी ऐक रूप अनेक को संबोधित किया उन्होंने कहा कि सरकार परम्परागत हस्तशिल्प और कलाकृतियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है और उन्हें विश्व पटल पर रख रही है उन्होंने कहा कि हस्तशित्य और कला हमेशा से देश की शक्ति रही है और ये पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

लंबे अंतरात के बाद हुए प्रचानमंत्री के इस दौरे में वाराणसी को अनेक विकास योजनावों की सौगात मी मिली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में आज वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की संधि से जुड़े पक्षों के तेरहवें सम्मेलन सीओपी का उद्घाटन करेंगे एक सौ तीस देशों के प्रमुख संरक्षणविद् और वन्य जीव सरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे अंतराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वर्ष दो हजार बीस पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा रहेगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने समुद्री प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए नार्वे के साथ महासागर संवाद शुरू किया है श्री जावड़ेकर ने कल नार्वे के पर्यावरण मंत्री स्वाइनुंग रूतवन के साथ गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में बैठक की दोनों देर्शो में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने का फैसला किया गया बैठक के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि आने वाले दशक में पर्यावरण पर तेजी से वैश्विक कार्रवाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं भारत विभिन्न प्रयासों में कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है प्रयानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही दो गठजोझें का गठन कर चुके हैं

यह उद्योगों के लिए बदलाव का दौर है क्योंकि आखिरकर इससे उद्योगों का ही उत्सर्जन कम होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं

लखनऊ में इस सम्बन्ध में हुई बैठक के दौरान श्री शर्मा ने अपर पुलिस महानिदेशक क़ानून व्यवस्था को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों संकलन केन्द्रों और मूल्यांकन केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किये जाये इसके अलावा नक़ल कराने वाले गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा क़ाऩून एनएसए के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये उपमुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग से परीक्षा केन्द्रों के आसपास एम्वुलेंस सेवा मुस्तैद रखने और आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने को कहा है डॉ शर्मा ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि दूर दराज़ और ग्रामीण इलाकों के परीक्षाथियों को किसी तरह की आने जाने की दिक्कत न हो ये बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय को बिजली आपूर्ति की दृष्टि से स्मार्ट बनाने पर जोर दिया है श्री शर्मा लखनऊ जिले की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना विभाग की पहली प्राथमिकता है और इस उददेश्य को पूरा करने लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि लोगों को अनवरत् बिजली आपूर्ति मिल सके उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर ज़ीरों टॉलरेन्स की नीति पर काम रही है इस लिए किसी तरह की अनियमितता बर्दास्त नहीं की जायेगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात में बिजली चोरी के ख़िलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाये और दोषियों की वीडियोग्राफी करायी जाये श्री शर्मा ने गर्मी के मद्देनज़र बिजली आपूर्ति से सम्बन्धित अध्रे कामों को इकत्तीस मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये उर्जा मंत्री ने बिजली बिल समय से अदा न करने वाले बड़े बकायादारों का कनेक्शन जल्द काटने के साथ साथ ऐसे उपभोक्ता जो साल भर बिजली बिल नही जमा करते है उन्हें चिन्हित करने का निर्देश दिया उन्नाव जिले में उन्नाव हरदोई रोड पर कल देर शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गयी ये दुर्घटना तब हुई जब एक कार का टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के शिकार सभी सात लोग कार में आग लगने से जल गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है उन्होंने मृतकों के परिवार को सहायता देने का अधिकारियो को निर्देश दिया है